केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने कहा सरकार किसानों की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिये कर रही है काम मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिये निर्देश प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही नहीं की जायेगी बर्दाश्त प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में मौसम विभाग ने रीवा शहडोल जबलपुर और ग्वालियर संभागों में ठंड बढने की चेतावनी दी

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में यह जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिये जारी किये जाने वाले पुनर्जीवीकरण ब्राण्ड सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तरह ही जारी किए जाएंगे उन्होंने कहा कि एक्जिम बैंक भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी है पूंजी बढ़ने से इसके पास निर्यातकों की मदद के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो जायेगी इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पनबिजली क्षेत्र की कंपनियों के कार्यपालक अधिकारियों के वेतनमान को नियमित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है इससे इन कंपनियों के पांच हजार से अधिक अधिकारियों को फायदा होगा केन्द्र कृषि केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा राज ने कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिये काम कर रही है

वहीं किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया जा रहा है उन्होंने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने देश की गरीब और वंचित आबादी की समस्याओं के लिये कारगर कदम नहीं उठाये इसी का नतीजा है कि गरीब आजादी के बाद से अब तक शिक्षा स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई जनधन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना उज्जवला योजना और आयुष्मान योजना का जिक करते हुए श्रीमती राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं और इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं गरीबों के लिये लागू की योजनाओं का समुचित लाभ उन्हें मिलने लगा है वेतन आयोग केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की सुविधाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे सरकार पर एक हजार दो सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आयेगा

इस योजना के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आवेदन प्रकिया की औपचारिक शुरूआत की जबकि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर इस योजना की शुरूआत की

येचुरी प्रतिनिधि मंडल मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें केरल की तरह कर्जमुक्ति आयोग बनाने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज झूठे मुकदमें वापस लेने और संविदा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में कांग्रेस के वचन पत्र में किये गये वादों को पूरा करने की मांग की है

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये की मरीजों को इलाज के लिये भटकना ना पड़े उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि अधिकारियों को यह कहा जाये कि अस्पतालों में समय पर इलाज हो मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी समय समय पर अस्पतालों का आकस्मिक निरीक्षण करें डॉक्टरों और स्टाफ की कमी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को सौंपी जाये जागरूकता फोरम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कांताराव ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सभी शासकीय गैर सरकारी और व्यावसायिक कार्यालयों में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिये जागरूकता फोरम का गठन किया जाये इस संबंध में आज भोपाल में मतदाता जागरूकता फोरम की औपचारिक शुरूआत करते हुए कांताराव ने कहा कि यह फोरम मतदाता सूची में पंजीयन के अलावा मतदान संबंधी गतिविधियों और उनकी मूलभूत प्रकियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिये काम करेगा इसके लिये समय समय पर कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाये

जो अब तक सबसे अधिक है पिछले चार वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के आवंटन में लगातार वृद्धि की है इसके जरिए गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है नगरीय निर्देश नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी नगरों के विकास की सुनियोजित योजना बनाई जाये और सिटी बसों का अच्छे से संचालन किया जाये उन्होंने आज भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सिटी बसें अच्छी होने के साथ ही सुरक्षित भी हों श्री सिंह ने निर्माणाधीन जल आपूर्ति सीवेज और आवासों का कार्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिये

इस चैम्पियनशिप में दिल्ली पंजाब हरियाणा और मध्यप्रदेश की टीमों के करीब सवा सौ खिलाड़ियों ने भागीदारी की मौसम प्रदेश के कई जिले आज शीतलहर की चपेट में रहे राज्य के खज्राहो नौगांव और मलाजखंड में तेज शीतलहर से काफी ठंड रही वहीं रीवा सीधी उमरिया सिवनी दमोह खंडवा दतिया और ग्वालियर में भी शीतलहर का असर रहा

इस अवसर पर प्रशासनिक अकादमी के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव भी मौजूद थे

जिले में अब आंगनवाड़ी केन्द्रों स्कूलों व स्वास्थ्य केन्द्रों का भी औचक निरीक्षण होगा